मुख्यमंत्री ने अम्रत योजना के तहत शिमला शहर में सुविधाओं के सुधार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया इस दौरान हरदीप सिंह पूरी ने शिमला शहर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के स्तरोन्नयन तथा रिसाव स्थलों के पिन प्वांटिंग के लिए स्वचालित बल्कमिटरिंग प्रणाली स्थापित करने और उनकी लगातार प्लगिंग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की उन्होंने राज्य से परियोजनओं की विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा ताकि शीघ्र धनराशि को जारी किया जा सके जनमंच कार्यक्रम प्रदेशभर में आज जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल केलंग में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर शिमला जिला के रामपुर उपमंडल की घानवी पंचायत शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की रे पंचायत में जनमंच कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे इसी तरह खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर चंबा के डलहौजी उर्जा मंत्री अनील शर्मा सोलन के अर्की शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी विलासपुर के कोट कहलूर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा रिकांगपिओं स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ऊना ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर नादौन और उद्योग मंत्री विकम ठाकुर कुल्लू वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जोगिंदरनगर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैहजल शिलाई में जनमंच कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे जनमंच कार्यक्रम हर माह के पहले रविवार को आयोजित किया जाएगा सूचना नगर निगम शिमला के तहत आज कृष्णानगर राम बाजार लोअर बाजार जाख इंजनघर संजौली चौक ढली मशोबरा मल्याणा व सांगटी में दोपहर से पहले पानी का वितरण किया जाएगा शेष बचे निर्धारित क्षेत्रों बेनमोर भट्टा कुफर व शांति बिहार में दोपहर बाद पानी दिया जाएगा बयान स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि शिमला में पानी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का असर दिखने लगा है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए योजनाबद्व ढंग से कार्य किया जा रहा है जबकि कांग्रेस नेता बयानबाजी कर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं

बीएसएनएल बीएसएनएल ने अपने उपभोक्ताओं को फैमली प्लान के नाम से मोबाईल व लैडलाईन का संयुक्त प्लान जारी किया है दूरसंचार जिला शिमला के महाप्रबंधक एमपी सिंह ने बताया कि इस प्लान में परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की गई है उन्होंने कहा कि वैल्यू एडिड सर्विस के साथ डाटा तीन सिम और एक लैडलाईन पर एक साथ ब्रॉडबैंड सर्विस देने से पूरे परिवार को लाभ पहुंचाया गया है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने शिमला में पेयजल संकट से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से सुर्खी दी है दो सौ करोड़ से दूर होगा जलसंकट केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप से मिले जयराम दिव्य हिमाचल का शीर्षक है पानी की कहानी कहीं मौत कहीं मनमानी दैनिक जागरण के शब्द हैं शिमला में बढ़ा जलसंकट पांच दिन बंद रहेंगे स्कूल हिमाचल दस्तक के मुताबिक जलसंकट से शिमला के स्कूल बंद समर टूरिस्ट सीजन को भी झटका अजीत समाचार का कहना है दीर्घकालीन व्यवस्था से होगा जलापूर्ति की समस्या का समाधान दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है जल संकट पर सरकार ने पीएमओ को सौंपी रिपोर्ट वहीं पंजाब केसरी ने खबर को सुर्खी दी है नगर निगम शिमला के एसडीओ को सस्पेंड करने के निर्देश पानी न देने की शिकायतों पर आईपीएच मंत्री ने दिए निर्देश शिमला में पानी बांटने वाले टैंकर की चपेट में आई महिला की मौत से जुड़ी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है डिमांड पूरी करने को पंजाब से रोज खरीद रहे डेढ़ करोड़ की बिजली दैनिक भास्कर की एक खबर है

आपका फैसला पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखता है कांग्रेस राज में खुले संस्थान बंद किए तो जाएंगे कोर्ट

लोगों व सरकार के बीच सीधा संवाद आज शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है जनमंच में मौके पर निपटाई जाएंगी लोगों की शिकायतें अब एक नजर संपादकीय पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय होटलों पर दरियादिली में लिखा है कि सुनियोजित तरीके से पानी उपलब्ध करवाना नगर निगम की जिम्मेदारी है इस मामले में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि फिर कभी होटलों पर ऐसी मेहरबानी न दिखे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

नमस्कार